प्रदेशभर में लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालतों में राजीनामा के जरिए हजारों की संख्या में निस्तारित किए गए मामले

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज न्यूजीलैण्ड और इंग्लैण्ड की टीमें होगी आमने सामने

इसके प्रक्षेपण की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं

भारत की यह उडान ऐतिहासिक होगी क्योंकि इस बार चन्द्रमा के उस हिस्से पर उतरने की तैयारी है जहां विश्व का कोई भी देश नहीं पहुंच सका है

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि प्रत्येक सांसद देश के प्रत्येक गांव और शहर में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में कल से दो दिवसीय स्वच्छता अभियान की शुरूआत हुई इसमें कई मंत्रियों सांसदों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया इस अवसर पर श्री बिडला ने कहा कि इस अभियान का उददेश्य स्वच्छता के संदेश को घर घर तक पहंचाना है स्वच्छता अभियान एक आन्दोलन बन गया है और सभी इसके प्रति सजग और सतर्क हैं

थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना के किसी भी दुस्साहस का माकूल जवाब दिया जायेगा

उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जायेगा गोवा बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम और मिजो विद्रोह दमन में मुख्य भूमिका निभाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह के योगदान को याद करते हुए सेना की दक्षिण पश्चिम कमान की ओर से प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं सगत सिंह के जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में जयपुर में कल लेफ्टिनेंट की प्रतिमा का अनावरण किया गया दक्षिण पश्चिम कमान के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल चेरिश मेथ्सन ने इस अवसर पर कहा कि जनरल सगत सिंह राजस्थान के ही नहीं पूरे देश के वीर सपूत है इस अवसर पर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा कि जनरल सगत सिंह की जीवनी को प्रदेश के स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे वहीं कल जोधपुर में कोणार्क सर्किल से लेकर रक्षा प्रयोगशाला तक के मार्ग का नामकरण जनरल सगत सिंह के नाम पर किया गया सगत सिंह की जन्म शताब्दी समारोह कार्यक्रम की कड़ी में आज शप्तशक्ति कमान के ऑडिटोरियम में सेमीनार का आयोजन किया जाएगा

प्रदेशभर की अदालतों में लम्बित मामलों को निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया

इसके लिए प्रवेश पत्र हाईकोर्ट की वेबसाइट के जरिए लिए जा सकेंगे हाईकोर्ट प्रशासन की और से परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी गई है प्रवेश पत्र के लिए पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता के दस्तार्वज पेश करने होगें

श्री भट्ट ने कल पंडित दीन दयाल शेखावाटी विश्वविद्यालय के पहले दीक्षान्त समारोह में भाग लिया कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि दीक्षान्त समारोह में स्वर्ण पदक और उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी समाज के सभी वर्गो की सेवा का संकल्प लें

चिकित्सा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान को मिशन बनाने का आहवान किया है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल पटवारी सहित विभिन्न पदों पर भर्तियों को मंजूरी दी

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच आज लंदन के लॉर्डस मैदान में खेला जाएगा इसमें न्यूजीलैण्ड और इंग्लैण्ड की टीमें आपस मे भिडेगी लंदन के लॉर्डस मैदान पर होने वाले इस मैच के साथ ही डेढ़ महीने से चले आ रहे विश्व कप के रोमांच का समापन हो जाएगा